यह अवधि चार मई से बढ़ाई जाएगी ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन ओरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या द्ग्नी होने की दर के आधार पर की गई थी अब रोगियों के ठीक होने की दर बैने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है

ग्रीन जोन के रूप में पहचाने गए जिलों की सूची भी जारी की गई है

उत्तराखंड में एक जिला रेड जोन दो जिले ऑरेंज जोन और अन्य दस जिले ग्रीन जोन में हैं शासनादेश गृह मंत्रालय दवारा देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों तीर्थयात्रियों पर्यटकों विद्यार्थी और अन्य के संबंध में जारी शासनादेश के क्रम में राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी

जिले में फंसे ऐसे लोग जो अन्य जिलों या राज्यों में जाना चाहते हैं वे संबंधित तहसील स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं

मशरूम के गिफ्ट कोरोना वायरस महामारी से जंग में अग्रिम पंक्तियों में खड़े कोरोना योदधाओं का हर कोई अपनी तरह से सम्मान कर रहा है पौड़ी जिला म्ख्यालय में मशरूम की खेती कर रहे सोनी रावत और अभिषेक रावत भी इन्हीं में से एक हैं उन्होंने जिला म्ख्यालय के तीन सौ से भी अधिक कोरोना योद्धाओं को अपनी ओर से मशरूम के पैकेट उपलब्ध कराये हैं

मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा ओपीडी की सेवा दी गई

इस दौरान लोगों को खांसी ज्काम और बदन दर्द की दवाइयां निश्ल्क दी गई गर्मी के मौसम को देखते हए ओआरएस के पैकेट भी वितरित किये गये

अल्मोड़ा जिले में भी कई लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस योजना के तहत बी पी एल कार्ड धारकों को दो महीने का चावल दिया जा रहा है

यह महिला न्यूरो पेशेंट थी और कोरोना पॉजिटिव भी थी लेकिन महिला की मृत्यु कोरोना वायरस नहीं है एम्स के विभागाध्यक्ष अस्पताल प्रशासन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि महिला की मौत कोरोना वायरस से नहीं बल्कि सीवियर स्ट्रोक से हुई है उन्हें निमोनिया हार्ट स्पेरसिमिया आदि गंभीर बीमारी थी वो ऑर्गन फेलियर की स्थिति से गुजर रही थी प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि राज्य की गाइडलाइन के अनुसार महिला के अंत्येष्टि की जाएगी

मजदूर दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने भी मजदूर दिवस की श्भकामनाएं दीं है मजदूर दिवस पर चमोली जिला प्रशासन ने राहत शिविर में ठहरे हुए मजदूरों को सौगात दी

इन श्रमिकों को पहले हरिद्वार भेजा गया जहां से उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना किया जाएगा राहत शिविर से भैजे जाने से पहले मेडिकल टीम ने सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया